जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने दिल्ली प्रवास को बेहद सकारात्मक बताया है शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सरकार व संगठन पर विस्तृत चर्चा हुई है और उन्होंने अनेक केन्द्रीय मंत्रियों से प्रदेशहित से जुड़े मुद्दे उठाए हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने केन्द्रीय मंत्रियों से प्रदेश में विकास संबंधी परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया और साथ ही पार्टी हाईकमान से नए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को लेकर भी बातचीत हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमण्डल में जल्द ही विस्तार व फेरबदल होगा और शीर्ष नेतृत्व के साथ इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है मुख्यमंत्री ने राज्य में प्रशासनिक फेरबदल करने की बात भी कही

हमीरपुर ज़िले के नेरी में आज पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में ऋषि परम्परा विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारम्भ अवसर पर उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों ने समाज को ज्ञान दर्शन और अध्यात्म दिया है उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों के ज्ञान व दर्शन से ही आज सभ्य समाज का निर्माण संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संगोष्ठी के सकारात्मक परिणाम होंगे और ऐसे आयोजन करना सराहनीय प्रयास है

ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज शिमला में बताया कि इस वित्त वर्ष की दूसरी व अंतिम किश्त के रूप में ये राशि जारी हुई है और ग्राम पंचायत के बैंक खातों में जमा करवा दी गई है उन्होंने बताया कि ये धनराशि इस वित्त वर्ष के अंत तक खर्च करनी होगी वीरेन्द्र कंवर ने सभी पंचायतों को तय समय में धनराशि को विकास कार्यों में लगाने के निर्देश दिए हैं महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने कहा है कि मण्डी जिले के बरछवाड़ में राज्यस्तरीय प्री कोचिंग सैन्य अकादमी खोली जाएगी सरकाघाट महाविद्यालय में आज एक समारोह में उन्होंने कहा कि इस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा और इसमें युवाओं को सेना व अर्द्वसैनिक बलों की परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुविधा मिलेगी परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि कांगड़ा जिले के सुलह में फार्मेसी कॉलेज जल्द शुरू किया जाएगा उन्होंने आज सुलह में स्तरोन्न्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और नवनिर्मित सिंचाई व जन स्वास्थ्य उपमण्डल कार्यालय का शुभारम्भ किया

बाद में राजीव सैजल ने सुबाथू हरिपुर कुनिहार वाकनाघाट सोलन मार्ग पर बस सेवा को हरी झण्डी दिखाई

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सामाजिक बुराईयों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने पर बल दिया है नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आज राज्यपालों के सम्मेलन में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं व स्वयं सेवी संस्थाओं को नशाखोरी व स्वच्छता जैसे अभियानों में बढ़चढ़ कर भाग लेना चाहिए राज्यपाल ने लेह क्षेत्र को हिमाचल से जोड़ने के लिए ब्रॉडगेज रेल लाइन व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हवाई पट्टी के निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र में देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को शुभकामनाएं दी हैं इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स अवॉर्ड सर्वेक्षण में केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री को ये पुरस्कार प्रदान किया

भाखड़ा बांध प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार ने भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए अंतिम अवसर दिया है

विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद की आज कुलपति आचार्य सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया

कार्यकारिणी परिषद के सदस्य अजय श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजने का निर्णय भी बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने युवाओं से शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेने का आहवान किया है हमीरपुर ज़िले में सुजानपुर की कोट पंचायत में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने बच्चों को प्रदेश के अनेक शहीदों की गौरव गाथा सुनाई स्कूली बच्चों ने शहीद सुधीर वालिया शहीद विक्रम बत्रा और शहीद सौरव कालिया को गीत व नृत्य के माध्यम से श्रद्दांजलि दी क्रिकेट दो दिवसीय लॉयर्स क्रिकेट कप प्रतियोगिता आज शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में शुरू हुई

उन्होंने खेलों को मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी बताया

राजधानी शिमला व इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह हल्की वर्षा हुई